इससे पूर्व भाजपा के महेंद्र भट्ट के प्रस्ताव के बाद विधेयक को नया नाम चारधाम देवस्थानम प्रबंधन विधेयक किया गया इस बीच विपक्ष ने सदन से वाकआउट किया और इसके साथ ही सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई इससे पूर्व पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि चारधाम यात्रा के विस्तार के लिए श्राइन बोर्ड का गठन किया गया है सदन में श्राइन बोर्ड के मुददे पर उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए श्राइन बोर्ड का गठन जरूरी है उन्होंने कहा कि तीर्थपुरोहितों के हक हकूक पहले ही की तरह रहेंगे नेता प्रतिपक्ष इन्दिरा हृद्येश ने इस मामले को प्रवर समिति के समक्ष रखे जाने की बात कही इससे पूर्व टीएचडीसी को लेकर विपक्ष ने सवाल किए उप नेता प्रतिपक्ष करन माहरा ने सदन के बाहर पत्रकारों से बातचीत में टीएचडीसी को लेकर सवाल खड़े किए सदन में कैग की रिपोर्ट भी पेश की गई पार्किंग स्थल नैनीताल में जाम की समस्या को दूर करने के लिए जिला प्रशासन ने दो नये पार्किंग स्थल बनाने का निर्णय लिया है जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि रूसी बाईपास और नारायण नगर में सुविधायुक्त पार्किंग बनाई जायेगी उन्होंने बताया कि रूसी बाईपास पार्किंग का संचालन जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा जबकि नारायण नगर की पार्किंग का संचालन कुमाऊं मण्डल विकास निगम की देख रेख में होगा हालांकि इन चिन्हित पार्किंग स्थलों पर वाहन तभी पार्क किए जायेंगे जब शहर की पार्किंग फूल हो जाएगी जिलाधिकारी ने बताया कि पार्किंग की ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था पर भी प्रशासन विचार कर रहा है

गौरतलब है कि पर्यटन सीजन के अलावा क्रिसमस और नव वर्ष पर नैनीताल में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं जिससे जाम की समस्या खड़ी हो जाती है राष्ट्रपति मानवाधिकार दिवस राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि व्यावहारिक तौर पर मानवाधिकारों को प्रभावी ढंग से मजबूत करना संपूर्ण समाज का सामूहिक कार्य है आज नई दिल्ली में मानवाधिकार दिवस के अवसर पर एक समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं के साथ अपराधों की घटनाएं हाल में विश्व के ज्यादातर हिस्सों में सामने आई हैं उन्होंने कहा कि इस तरह की खबरें लोगों को यह सोचने के लिए विवश करती हैं कि क्या समाज समान अधिकार के धरातल पर खरा उतरता है

राष्ट्रपति ने कहा कि लोगों को अपने कर्तव्यों की भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी अधिकारों और कर्तव्यों को समान नजर से देखते थे राष्ट्रपति ने कहा कि मानवाधिकारों पर भारत का राष्ट्रीय परिपेक्ष्य सही ढंग से केंद्रित है और इसमें कर्तव्यों को भी समान महत्व् दिया जा सकता है विश्व मानवाधिकार दिवस प्रदेश मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन निर्वाह करने का अधिकार है विश्व मानवाधिकार दिवस पर अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता और समानता मानवाधिकार के दो महत्वपूर्ण विषय है उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में भी देश के नागरिकों को जीवन की सुरक्षा के साथ ही समानता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है विश्व मानवाधिकार दिवस पर प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया देहरादून में उत्तराखण्ड मानवाधिकार आयोग के कार्यक्रम में आयोग की सचिव अपर्णा पाण्डेय ने समस्त कार्मिकों और आमजन को मानव अधिकारों के संरक्षण के प्रति संवदेनशील रहने की अपील की आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति अखिलेश चन्द्र शर्मा द्वारा मानव अधिकार संरक्षण के लिए सभी लोगों को जागरूक करने और इसके प्रचार प्रसार का आवाहन किया गया उधर उत्तरकाशी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया शिविर में उपस्थित छात्र छात्राओं को मानवाधिकार अधिनियम और भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी

इस कार्यशाला में क्षणिक सुख और आनन्द के लिए अपनी नैतिकता को न छोड़ने और अनुचित उचित व्यवहार को समझने पर जोर दिया गया कार्यशाला में जिलाधिकारी सुरेन्द्र नारायण पाण्डे ने कहा कि कोई भी कार्य करने से पहले लोकसेवा के बारे में भी सोचना चाहिए कार्यशाला में वक्ताओं ने कहा कि व्यापक कानूनों के बावजूद नैतिकता में हास हुआ है वक्ताओं ने कहा कि सामाजिक विकारों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किये जाने चाहिए ई लर्निंग पौड़ी जिले में ई लर्निंग छात्र छात्राओं के लिए वरदान साबित हो रही है खासकर सुदूरवर्ती इलाकों के बच्चों को इससे काफी लाभ हो रहा है वर्चुअल क्लास लैब के प्रति बच्चों में रुचि दिखाई दे रही है

ये कक्षाएं विशेष रूप से विज्ञान और गणित पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो रही हैं ई लर्निंग के माध्यम से उनका पाठ्यक्रम भी पूरा हो रहा है स्वच्छता पखवाडा अल्मोड़ा में सशस्त्र सीमा बल सीमांत मुख्यालय रानीखेत की ओर से स्वच्छता पखवाड़ा के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है इसके अंर्तगत आज जैनोली क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया इस दौरान साफ सफाई करने के साथ छात्रों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया गया इसके अलावा छात्र छात्राओं को पॉवर प्वाइंट के माध्यम से स्वच्छता की जानकारी दी गई इस अवसर पर उप कमांडेंट चंद्रशेखर ने कहा कि दैनिक जीवन में स्वच्छता को अपना लिया जाए तो हमेशा स्वस्थ रहा जा सकता है उन्होंने छात्रों को कूड़े का सही तरीके से निस्तारण करने के तरीके भी बताए मातृ बन्धन सप्ताह का समापन चम्पावत जिले में बाल विकास विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अन्तर्गत चल रहे प्रधानमंत्री मातृ वंदना सप्ताह का कल समापन हो गया सप्ताह भर चले इस कार्यक्रम में जिले के चारों विकास खण्ड की आंगनबाड़ी सेक्टर और ब्लाक प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया कार्यक्रम में जागरूकता गतिविधियों और क्षेत्र में महिलाओं को इसका शत प्रतिशत लाभ पहुंचाने और इसमें आ रही दिक्कतों के समाधान के लिए आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और समन्वयकों को दिशा निर्देश दिए गए जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि आगे भी योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए ब्लॉक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कराई जाएगी इस अवसर पर जागरूकता के लिए बनाए गए कैनोपी का भी शुभारम्भ किया गया साथ ही ब्लॉक सेक्टर और आंगनबाड़ी स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्यकत्रियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया फ्टबाल चयन बागेश्वर जिले के फुटबाल खिलाड़ी जतिन कार्की का चयन प्रदेश की जूनियर वर्ग की फुटबॉल टीम के लिए हुआ है वो हिमाचल प्रदेश के मंडी में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे जतिन ग्यारहवीं कक्षा के छात्र है हल्द्वानी में आयोजित चयन प्रक्रिया में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन कर प्रदेश की जूनियर फुटबाल टीम में अपना स्थान पक्का किया

नरेंद्र गिरी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि राष्ट्रीय नागरिकता कानून के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा लाया गया विधयेक का स्वागत किया जाना चाहिए हरिद्वार में हुई अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक में उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह को बधाई देते हुए कहा कि देश में विदेशी घुसपैठियों की समस्या काफी सालों पुरानी है जो देश की सुरक्षा और शांति के लिए खतरा बनी हुई थी उन्होंने कहा कि एनआरसी के मुद्दे पर अब नया कानून बनने से देश में अवैध घुसपैठ पर रोक लगेगी साथ ही देश में बढ़ते आतंकवादी खतरों से भी इस कानून से काफी राहत मिलेगी क्षेत्रीय समाचार एकांश आकाशवाणी देहरादून में असाइन्मेंट बेसिस पर कैजुअल न्यूज रीडर कम ट्रांसलेटर सीएनआरटी तथा एडिटोरियल रिपोर्टिंग हेतु असाइन्मेंट बेसिस पर कैजुअल एडिटर रिपोर्टर के लिए एक पैनल बनाया जा रहा है इच्छुक अभ्यर्थी आकाशवाणी देहरादून केंद्र हरिद्वार बाइपास रोड निकट रिस्पना पुल से कार्य दिवस में आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं